उन्होंने कहा कि राज्य में अनुकूल वातावरण होने के कारण प्रदेश का निर्यात क्षेत्र में प्रदर्शन तेजी से प्रगति कर रहा है मुख्यमंत्री कल शाम शिमला में उत्तरी क्षेत्र निर्यात पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे

जयराम ठाक्र ने समारोह में मौजूद उद्योगपतियों से इन्वैस्टर मीट को सफल बनाने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया

अन्राग ठाक्र केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फेक न्यूज़ से बचना मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वे गुरूग्राम में विश्व संवाद केन्द्र न्यास द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में बोल रहे थे अनुराग ठाकुर ने कहा कि फेक न्यूज़ से निपटने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका तय करनी होगी उन्होंने कहा कि निष्पक्षता पत्रकारिता का धर्म है और पत्रकार केवल सच का पक्षकार हो सकता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया के पास अभिव्यक्ति के असीमित माध्यम व शक्तियां हैं जिसके चलते प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए पत्रकार का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हैं उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम सबके लिये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल है

ऊना की अप्पर कोटला कलां पंचायत में वन महोत्सव के शुभारम्भ पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटने के लिए पौधरोपण बेहद जुरूरी है उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास कर रही है और भूजल स्तर में आ रही गिरावट रोकने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है वीरेन्द्र कंवर ने थानाकलां में स्कूल भवन का भी श्भारम्भ किया इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली क्षेत्र के भोजनगर के अलावा परवाणू में वन महोत्सव की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने की ज़रूरत है ई टॉयलेट वन मंत्री गोविंद ठाक्र के निर्देश पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मनाली वॉल्वो बस अड़डे पर ई शौचालय स्थापित किया है वॉल्वो बस स्टैंड का निरीक्षण करने के बाद गोविंद ठाकुर ने बताया कि ये ई शौचालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है कुल्लू ज़िले में ये पहला ई शौचालय है

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी कार्यशाला केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों व बागवानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए कुल्लू ज़िले के पतलीकूहल में आज एक कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है इससे किसानों बागवानों को फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी राजेन्द्र गर्ग बिलासपुर जिले में घुमारवीं के पड़यालग में विद्युतीकृत बोरवैल का विधायक राजेन्द्र गर्ग ने आज शुभारम्भ किया

परिचर्चा शिमला ज़िले के रोहड्र स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कृषि विज्ञान केन्द्र में आज किसान वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया इस दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों की कृषि व बागवानी संबंधी समस्याओं का समाधान किया माकपा माकपा की शिमला जिला इकाई ने पानी की दरों में वृद्धि के बाद शहर में सीवरेज चार्ज बढ़ाने की निंदा की है पार्टी के ज़िला सचिव संजय चौहान ने कीमतों में वृद्धि के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है उन्होंने उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के आधार पर हर महीने बिल देने और सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का भी आग्रह किया है हिमालय मंच हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच ने शिमला में तारादेवी से समरहिल रेलवे ट्रैक पर आज पैदल पर्यावरण यात्रा का आयोजन किया मंच के अध्यक्ष एसआर हरनोट ने बताया कि यात्रा के दौरान लेखकों ने ट्रैक के आसपास बिखरे पॉलीथीन कचरे को साफ किया